तमिलनाड की एक संस्था को हथकरघा विपणन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया राजस्थान के भी तीन बनकरों को राष्ट्रीय प्रस्कार प्रदान किये गए जिनमें कोटा के हाजी अब्बास अली जैसलमेर के माधू राम और दौसा के रघुवीर सिंह शामिल हैं कार्यक्रम में मुख्यअतिथि केंद्रीय कपडा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हथकरघा उद्योग और बुनकरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में बताया

कार्यक्रम में राज्य के उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत भी उपस्थित थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज भाजपा संसदीय दल की बैठक में यह घोषणा की संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि पखवाड़े के दौरान लोगों को सरकार के सामाजिक न्याय और सुरक्षा के फैसलों के बारे में जागरूक किया जाएगा उन्होंने कहा कि बैठक में देश में हर सालएक से नौ अगस्त के बीच सामाजिक न्याय सप्ताह मनाये जाने का भी निर्णय किया गया

श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए एकयोजना तैयार की है जिसके तहत वे सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र लगा सकेंगे और उससे उत्पादित बिजलीग्रिड को बेच सकेंगे इसके साथ ही किसानों को व्यापक पैमाने पर सिंचाई के लिए सोलर पंप तथा रोशनी के लिए सोलर लैंप दिया जाएगा

कृषि और किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक प्रक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी

मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने आज जयपुर में एक बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के लिये पूर्व तैयारियों की समीक्षा की

उद्योग मंत्री राजपाल सिंह शेखावत ने आज पत्रकारों को बताया कि इस कदम से सभी उद्योगों को फायदा होगा

उन्होंने गांगड़तलाई में जनसभा को सम्बोधित किया श्रीमती राजे ने प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के लिए आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की

जहां इस योजना से लोगों का समय बच रहा है वहीं घर बैठे काम होने से लोगों में उत्साह है

जिले में यह पहला मौका है जब दुष्कर्म के किसी आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है